प्रदेश के सत्तर विद्यार्थी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

देश भर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा दो हजार बीस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे फरवरी दो हजार अठारह के दौरान परीक्षा पर चर्चा के पहले संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा की बजाय अनुस्पर्धा के महत्व के बारे में बताया था

कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या कोई उसका साथी कहता है कि यार यह मेरे क्लास में पढ़ता था बिलकुल डप्पू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा कर ले आता था क्यों कि उसने अपनी ताकत पहचानी वह चल पड़ा अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में वो पीएचडी होंगे साइंटिस्ट होंगे वह उस दिशा में जाएंगे कभी कभार होता है खुद को न जानना यह समस्या का एक कारण होता है एक हमने जानना चाहिए अपने आप को दूसरा जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के सत्तर विद्यार्थी भाग लेंगे

वहीं केन्द्रीय विद्यालय खगड़ा किशनगंज की कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा निशा कुमारी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान पढ़ाई में पैटर्न में बदलाव का मुद्दा रखेंगी

हमलोग सीखने पर ध्यान नहीं देते अंक लाने की ओर ध्यान देते हैं हां जैसे हमारे एक्जाम के साथ इंटरव्यू लिये जा सकते हैं कुछ प्रेजेंटेशंस को भी इनक्लुड किया जा सकता है एक्जाम सिर्फ पेपर बेस्ड न हो करके प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जलवायू संरक्षण मद्य निषेद्य के समर्थन में तथा दहेज और बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता के लिए कल राज्यभर में मानव श्रृंखला बनायी जायेगी इसे लेकर विभिन्न जिलों में विशेष तैयारियां की गयी है प्रे राज्य में सोलह हजार किलोमीटर से लम्बी यह मानव श्रृंखला सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर बारह बजे तक बनेगी प्रे कार्यक्रम की पन्द्रह हेलीकॉप्टरों के माध्यम से निगरानी की जायेगी इधर पटना जिले में मानव श्रृंखला के प्रतिभागियों की सुविधा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है सुबह छह बजे से दिन के ढाई बजे तक सड़कों पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है वहीं कई मार्गों पर छोटे वाहन भी सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर एक बजे तक नहीं चलेंगे राज्य के विभिन्न जिलों में भी मानव श्रृंखला के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत देश में साढ़े तीन करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई ग्रेटर नोएडा में ऊर्जा पर आधारित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत अठारह हजार गांवों को तय समय के भीतर विद्युतीकृत किया जा चुका है उन्होंने कहा कि सरकार एल ई डी बल्बों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इनसे बिजली की काफी बचत होती है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बिजली हर व्यक्ति के सशक्तिकरण का माध्यम है और सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाकर लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है बाईट बिजली घर में आना केवल सुविधा नहीं है गरीब के लिए ये एक जवरदस्त इम्पावरमेंट है यह हमें समझना चाहिए बिजली इज ए मेन सोर्स आफ इंसपरेशंस बहचर्चित अरबों रुपये के सुजन घोटाले के दो और मामलों में सीबीआई ने विशेष अदालत में आज छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जांच एजेंसी ने दोनों मामलों में स्वयंसेवी संस्था सृजन महिला विकास सहयोग समिति की प्रबंधक सरिता झा को मुख्य आरोपित बनाया है जबकि सुजन की संचालिका मनोरमा देवी को मृत दिखाते हुए आरोपी किया गया है दोनों मामलों में सरिता झा समेत चार चार आरोपी हैं सीबीआई अब तक इक्कीस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है आरोपितों में कुल एक सौ पचानवे लोग शामिल हैं जिनमें से चौबीस लोग जेल में हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश के बाद फिर से ठंड बढ़ी है रोहतास और आस पास के क्षेत्रों में दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश हुई रोहतास जिले का डिहरी और भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण कल भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना है सिपाही भर्ती परीक्षा दो हजार नौ में चयनित अभ्यर्थियों ने निय्रक्ति पत्र नहीं मिलने से आक्रोशित होकर आज पटना रिथित जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा और प्रदर्शन किया वर्ष दो हजार नौ में दस हजार एक सौ दस पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गयी थी जिसका परिणाम अठारह दिसम्बर दो हजार दस को जारी हुआ था लेकिन लगभग तीन हजार चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली जा रही अन्तर्राष्ट्रीय महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के तहत आज खेले गये पहले मुकाबले में इंडिया बी ने बांग्लादेश को चौदह रनों से पराजित कर दिया जबकि दूसरे मुकाबले में थाईलैंड ने इंडिया ए को नौ रनों से हरा दिया इंडिया ए ने एक सौ बत्तीस रन के लक्ष्य का पीछा करते हुये निर्धारित बीस ओवर में नौ विकेट खोकर एक सौ तेईस रन ही बनाये इधर असम के डिब्रगढ़ में खेली जा रही कूच बिहार क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की द्रसरी पारी अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ इकहत्तर रनों पर ही सिमट गयी अरूणाचल प्रदेश को मैच जीतने के लिए एक सौ दो रनों का लक्ष्य मिला है शिवहर जिले के जाने माने साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन कुमार वर्मा अनल का निधन हो गया वे पचानवे वर्ष के थे उनके निधन पर जिले के साहित्यकारों और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने गहरी संवेदना प्रकट की है जमुई जिले के सभी चिकित्सक आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहे इसके कारण सदर अस्पताल में ओपीडी कक्ष बंद रहा और आपातकालीन सेवाएं ठप रही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सभी निजी क्लिनिक भी बंद रहे एक चिकित्सक के क्लिनिक में तोड़ फोड़ और अगजनी के विरोध में बंद का आहवान किया गया था शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने दो महिला शराब कारोबारी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के वैशाली मानकपुर मार्ग पर अबुचक के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के मनकौल ग्राम में केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र के फिट इंडिया के अनतर्गत साईकिल रैली निकाली गयी बेगूसराय जिले में शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तहत प्रारंभिक शिक्षकों ने कल मानव श्रृंखला कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है पटना जिले के बिहटा में हथियारबंद अपराधियों ने एक गैस एजेंसी के कर्मियों से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये जानकारी के अनुसार दो मोटरसाईकिल पर सवार पांच अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया

प्रदेश के सत्तर विद्यार्थी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा